ई लोकार्पण म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखण्ड में क्वाटिंटी के बजाय क्वालिटी एज्केशन पर अधिक ध्यान देना होगा आईटीआई और पॉलिटेक्निक में ग्णात्मक स्धार की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे म्ख्यमंत्री ने आज देहरादून से हरिद्वार के जगजीतप्र आईटीआई में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के नवीनतम उपकरणों से स्सज्जित स्मार्ट वैल्डिंग लैब का ई लोकार्पण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगजीतपुर में आईटीआई के आध्निकीकरण के बाद जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेंगे उन्हें रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे इस आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए आध्निकतम तकनीक का प्रयोग होगा इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिये कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग दवारा जिन आईटीआई के आध्निकीरण की योजना बनाई गई है वह कार्य जल्द किया जाय उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के लिए आईटीआई में आध्निक यंत्रों का इस्तेमाल हो जिससे य्वाओं को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का मौका मिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि य्वाओं के कौशल विकास के लिए सरकार इंडस्ट्री और प्रशिक्षण संस्थान आपसी सामंज्य से कार्य कर रहे हैं

कल हई एक बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके बाद यह निर्णय लिया गया यह उच्चस्तरीय कमेटी गढ़वाल विश्वविदयालय के पूर्व क्लपति और उच्च शिक्षा सलाहकार प्रो एम एस एम रावत की अध्यक्षता में बनाई जाएगी नई शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी बैठक में राज्य शिक्षा आयोग का गठन राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों और स्वायतशासी महाविद्यालय बनाये जाने बह्विषय विश्वविद्यालय की स्थापना कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करने वार्षिक परीक्षा प्रणाली खत्म कर सेमेस्टर प्रणाली शुरू कर क्रेडिट बेस सिस्टम लागू करने और हर जिले में समावेशी महाविद्यालय बनाये जाने पर सहमति बनी

एम्स में रेडियोथेरेपी की एक नई मशीन लगायी गयी है

आपको बता दें कि एम्स में इलाज करवाने के लिए उत्तराखण्ड के साथ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हिमाचल बिहार और हरियाणा से भी कैन्सर रोगी आते हैं मरीजों की भारी संख्या की वजह से रेडियोथेरेपी करवाने के लिए मरीजों को महीनों तक इन्तजार करना पड़ता था लेकिन नई मशीन लगने से मरीजों की परेशानी कम होगी

उत्तराखंड मेट्रो परियोजना नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने मेट्रो परियोजना के रेट यात्रियों और रूट पैटर्न पर चर्चा करते हुए परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं उतराखंड मेट्रो परियोजना को गति देने के लिये आयोजित बैठक में हरिद्वार में पीआरटी देहरादून में रोपवे हरिद्वार ऋषिकेश में मेट्रो लाइट की सम्भवना पर विचार किया गया

हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोपवे के लिये जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा गन्ना किसान म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में गन्ना किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए किसानों के व्यापक हित में गन्ने के बहआयामी उपयोग पर ध्यान देने को कहा है बाजप्र चीनी मिल परिसर में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में आयोजित बैठक में म्ख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की चीनी मिलों के आध्निकीकरण गन्ना उत्पादन के विविधीकरण ऊर्जा उत्पादन एथेनॉल उत्पादन पर ध्यान दिया जाए उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर चीनी मिलों के संबंध में जो भी कार्यवाही की जानी है उसमें किसानों के हित का ख्याल रखा जाए उन्होंने कहा कि चीनी मिलों में चीनी के अलावा सीरा और बगास का भी बेहतर उपयोग हो इस दिशा में भी कार्य योजना बनाई जाए

शहरी विकास निदेशक विनोद क्मार स्मन ने बधाई देते हए चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव को देहरादून में आयोजित प्रस्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्च्अल माध्यम से नगर पंचायत को प्रस्कृत करेंगे

इसके तहत केन्द्र सरकार की टीम ने दो बार नगर का निरीक्षण भी किया था खेल विभाग बैठक प्रदेश के खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य में सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी खेल विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि विशेषकर प्रदेश के कमजोर वर्ग के खिलाड़ी जिनके पास खेलों के लिए पर्याप्त स्विधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनको सरकारी मदद की व्यवस्था की जायेगी खेल मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी विभागों में प्रदेश के मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए नयी नियमावली बनाने के निर्देश दिये उन्होंने निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में इस महीने के अन्त तक एक बैठक ब्लाई जाए इसमें प्रदेश के सभी खेल एसोसिएशन कोच पूर्व नेशनल खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को ब्लाया जाए ताकि उनके अन्भवों का लाभ लिया जा सके मौसम अपडेट प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है आज भी राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में स्बह से रुक रुक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग न कल पिथौरागढ़ बागेश्वर और चमोली के कुछ स्थानों में तीव्र दौर के साथ भारी से बह्त भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है कल और परसो राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जलभराव सीएम म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में जलभराव की शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी को समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने विशेषकर टीचर कॉलोनी गोविन्दगढ और मित्रलोक कॉलोनी में जलभराव समस्या का निराकरण करने को कहा है आपको बता दें कि सोमवार देर शाम विधायक हरबंश कपूर ने मुख्यमंत्री से म्लाकात कर क्षेत्र में जलभराव और अन्य समस्याओं की जानकारी दी थी

एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बडी संख्या है

अनावासीय भवन लोकार्पण पश्पालनमत्स्य एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने आज अल्मोड़ा के लमगड़ा विकासखंड में नव निर्मित अनावासीय भवन का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवनिर्मित पश् सेवा केंद्र के ख्लने से क्षेत्र के कई गांवों के पश्पालक लाभान्वित होंगे साथ ही पश्पालन से सम्बंधित समस्याओं से काफी हद तक निजात मिल पायेगी

टिहरी जिले में विभिन्न सामाजिक और राजनीति संगठनों ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को श्रद्वांजलि दी नई टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इंद्रमणि बड़ोनी ने राज्यांदोलन की प्रम्खता से अग्वाई कर आमजन को जगाया था कलाकारों का सम्मान लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के लोक कलाकारों फिल्मकारों साहित्यकारों ने आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को सम्मानित किया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि उन सभी कलाकारों का है जो उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को संजोने और आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं